राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों और कृषि मंडियों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के दिए निर्देश

यह महिला सांस संबंधी बीमारी निमोनिया उच्च रक्तचाप से पीडित थी और वेंटीलेटर पर थी

जयपुर के शास्त्रीनगर और खोनागोरियान ईलाके में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वहां कर्फ्य लगा दिया गया है

जिले में अभी तक कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है ऐहतियात के तौर पर जिले में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेसिंग की सख्ती से पालना करवाई जा रही है

राजसमंद में कुम्भलगढ दुर्गे सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थल है प्रदेश में कोरोना वायरस के संकमण के कारण जारी लॉकडाउन को देखते हुए इस अवसर पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने प्रदेश के सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए है निर्देशों में कहा गया है कि ये मास्क थ्री लेयर मास्क या घर में बने हए कपडे के मास्क भी हो सकते है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जयपुर जोधपुर बीकानेर चूरू टोंक झूंझन् और बांसवाडा सहित अन्य जिलों में भीलवाडा मॉडल लागू कर स्थिति नियंत्रित की जाए

इन ईलाकों में कर्मचारी सहित कोई भी व्यक्ति अंदर या बाहर नहीं जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में भट्टाबस्ती अमृतपुरी खोनागोरियान और मोतीडूंगरी रोड क्षेत्र सहित जहां भी घनी आबादी है वहां रामगंज की तरह ही स्क्रीनिंग और टेस्टिंग सहित अन्य व्यवस्थायें की जाये

जिला पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई है पुलिस जिलेभर में लॉकडाउन की पालना के लिए सख्त कदम उठा रही है वहीं भरतपुर जिले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कई ईलाकों में कर्फ्य जारी है उधर सीकर जिले में प्रशासन ने लोगों से कहा है कि वह अपने क्षेत्र में अन्य जिले और राज्यों से आये लोगों की आगामी दस तारीख तक सूचना प्रशासन को दें अगर इस बीच कोई व्यक्ति बीमार हो तो वह नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर सम्पर्क करें समय पर सूचना नहीं देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपूर में स्कूलों कॉलेजों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र की रिथिति और आगामी सत्र की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने प्रदेश में लॉक डाउन जारी रहने तक सभी स्कूल संचालकों को विद्यार्थियों से तीन महीने की अग्रिम फीस नहीं लेने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेजों में यथासंभव ऑनलाईन लेक्चर और ई लर्निंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए

उच्च शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं का कार्यक्रम तय करने और आगामी शिक्षण सत्र के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है

प्रदेश में भी इसे लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित की गई है ये फोर्स विभिन्न वन क्षेत्रों और वन्य जीवों में वायरस के संकमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठायेगी

उन्होंने कहा कि कोई भी बीमारी मजहब नहीं देखती है इसीलिए इस वायरस की रोकथाम में लगे सभी लोगों का पूरा सहयोग करें

इस दिन ईसा मसीह सूली पर चढे थे और कैलवरी में उनका निधन हो गया था

ईस्टर रविवार को मनाया जायेगा ईस्टर पर ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था